प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चअल शिखर बैठक करेंगे इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा भारत और फिनलैंड के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रतापरक और नियमानुकूल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध हैं दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश शिक्षा नवाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शोध और अनुसंधान के क्षेत्रों में निकट सहयोग है दोनों देश सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर के विकास की दिशा में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं फिनलैंड की लगभग एक सौ से अधिक कंपनियां दूर संचार लिफ्ट संबंधी तकनीक यांत्रिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के अन्य स्रोतों के क्षेत्रों में भी सक्रियता से काम कर रही हैं

झारखंड की उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने पांच लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है

उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी

ये बदलाव अनुदान पर हैं पूजा सिंघल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले तक बंद बड़े उद्योगों को खोलने को लेकर काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि छह सौ चौंतीस उद्योगों के पुनरूद्वार के लिए विभाग ने चिन्हित किया है वहीं विभाग के निदेशक जीतेंद्र कुमार सिंह ने पॉलिसी की नई खूबियों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि पॉलिसी का मुख्य फोकस एग्रो फूड इलेक्ट्रॉनिक व्हेकिल इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल के लिए अलग से प्रावधान है इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों ने भी अपने अपने सुझाव दिये कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद दूसरी कामयाबियां हासिल करता जा रहा है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सडसठ नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार छह सौ पन्चानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल उनसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार छियालीस पहुंच गई है राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार तिरानबे है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ छप्पन पहेंच गई है सरायकेला खरसांवा जिले में एक लाख चार हजार बुजूर्गो का कोरोना टीकाकरण किया जाना है जिसे लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की कल बैठक हुई इस मौके पर उपायुक्त ने टीकाकरण का लक्ष्य पुरा करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल रात खत्म हो रही थी

आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है बता दें कि पिछले कई दिनों से अधिक लोड पडने पर आयोग का सर्वर धीमा हो गया था इस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे

इसका उद्देश्य चेक भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके रिजर्व बैंक ने पिछले महीने पूरे देश में सीटीएस लागू करने की घोषणा की थी इसके तहत सभी बैंक शाखाओं को छवि आधारित चेक भुगतान प्रक्रिया में शामिल करने की योजना है रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी स्थान पर और किसी भी शाखा में ग्राहक को सीटीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने और एक समान उपभोक्ता सुविधाएं प्रदान करने को उद्देश्य से इस प्रणाली को देश की सभी बैंक शाखाओं में लागू करने का निर्णय किया गया है

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा है कि आज बिक्री के पहले दिन गैर खुदरा निवेशक खरीदारी कर सकेंगे जबकि खुदरा निवेशकों के लिए खरीद का दिन कल तय किया गया है अगर पूरे ऑफर की बिक्री हो जाती है तो सरकार को इससे पांच हजार तीन सौ करोड रूपये से अधिक की प्राप्ति होगी धनबाद के सिंदरी स्थित ऊर्वरक संयंत्र से इसी साल दिसंबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा सिंदरी खाद कारखाने में उत्पादन शुरू होने से कम से कम चार सौ पचास लोगों को प्रत्यक्ष और डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कल रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने बताया कि मोदी सरकार ने उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों से दोबारा उत्पादन शुरू करने की पहल की है मंत्री ने बताया कि सरकार ने गोरखपुर सिंदरी और बरौनी में प्रत्येक स्थान पर बारह दशमलव सात लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता के गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके उत्पादन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है इस संबंध में झारखंड के राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिंदरी सहित ज्यादातर बंद पड़े खाद कारखानों में दोबारा उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे देश आत्मनिर्भर होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में आज सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई इस दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इधर साहेबगंज जिले में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई पहली घटना राधानगर थाना क्षेत्र की है जबकि दुसरी घटना मिर्जाचौकी चेकनाका की है धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र स्थित एक माइनिंग आउटसोर्सिंग कैम्प में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और बम विस्फोट किया वहीं दो वाल्वो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया

घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले इधर सुचना पाकर बाघमारा थाना की पुलिस और सीआईएसफ की टीम मौके पर पहुंची आज सुबह डीएसपी निशा मुर्म इंस्पेक्टर राजकपूर घटनास्थल पहुंचे और मामले की तहकीकात की

सरायकेला खरसांवा जिले के कुचाई में जंगली सुअरों के हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसे जमशेदपुर रेफर किया गया है